शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बेहतर शहरी व आवासीय विकास के लिए निजी भागीदारी पर दिया बल सांसद किशन कपूर ने केन्द्र से हिमालयी राज्यों के लिए संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का किया आग्रह रोहडू क्षेत्र की चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित करेगी सरकार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे

शिमला में आज हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि निजी भागीदारी से इस क्षेत्र में और अधिक निवेश के अवसर मिल सकेंगे उन्होंने कहा कि हिमुडा ने निर्माण में गुणवत्ता लाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल को अपनाने का भी निर्णय लिया है सुरेश भारद्वाज ने रामपुर सोलन के धर्मपुर सुंदरनगर के रजवाड़ी और शिमला ज़िले के जाठियादेवी में आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने पर बल दिया मारकंडा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने हमीरपुर के तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में आज अत्याध्रनिक वैब स्ट्रडियो और डाटा सेंटर का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि ये केंद्र आध्रनिक व ऑनलाईन शिक्षा सहित डाटा कलैक्शन में एक मील पत्थर साबित होगा मारकंडा ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय में ढांचागत विकास नए पदों के सूजन और अन्य सुविधाओं को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि गांवों की मजबूती से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है वीरेन्द्र कंवर आज मंडी ज़िले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे

गोविंद ठाकुर शिक्षा और भाषा व कला संस्कृति मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियम तैयार किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे गोविंद ठाकुर ने कहा कि विभाग जल्द ही इन गतिविधियों के संचालन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा

हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी

उन्होंने कहा कि ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी आग्रह सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का आग्रह किया है किशन कपूर लोकसभा में शुन्यकाल के दौरान बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इससे हिमालयी राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा इसके अलावा मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की समस्याओं पर विचार हो सकेगा उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा को एक सराहनीय प्रयास बताया प्रतिक्रिया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रति अमर्यादित भाषा के प्रयोग को अशोभनीय बताया है उन्होंने कहा कि ये न केवल अनुराग ठाकुर बल्कि पूरे हिमाचल का अपमान है इस बीच एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने भी अनुराग ठाकुर के प्रति अभद्र भाषा के उपयोग की कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा के प्रयोग से कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है राकेश पठानिया युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि सरकार रोहडू क्षेत्र की चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित करेगी उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है चांशल क्षेत्र का दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा कि घाटी में साहसिक पर्यटन विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा पठानिया ने रोहडू में विकास कार्यों की समीक्षा भी की कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी दो विधेयक पारित करने का विरोध किया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे जमाखोरी व काला बाजारी बढ़ेगी और किसानों को शोषण होगा

स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है इसके तहत सोलन में भाजपा महिला मोर्चा ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया इस दौरान महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रिया शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है

स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं

हिंदी सप्ताह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए समापन अवसर पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अनुपम मित्तल और निगम के क्षेत्रीय निदेशक राकेश वर्मा ने पुरस्कार वितरित किए

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड करवाए जा सकते है